प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की प्रगति की समीक्षा की इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लॉकडाउन में और छूट देने पर भी विचार विमर्श किया गया इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व भी राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा स्वास्थ्य और आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रखरखाव और उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का संचालन प्राधिकरणों की तरह किया जाए इसके लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे श्री बघेल ने कहा है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए योजना के क्रियान्वयन के लिए आबकारी कर में वृद्धि करने और इससे प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य और आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रखरखाव तथा उन्नयन में किया जाए कोरोना मरीज स्वस्थ एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित चार और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इन्हें मिलाकर पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमित दस मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं कल दुर्ग के छह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई थी आज जिन चार मरीजों को एम्स रायपुर से छुट्टी दी गई उनमें सूरजपुर और कबीरधाम जिले के दो दो मरीज शामिल हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि फिलहाल एम्स में छह कोरोना मरीज का उपचार चल रहा है सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है प्रदेश में अब तक उनसठ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से तिरपन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है कोरोना श्रमिक ट्रेन वापसी छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों सहित करीब बारह सौ लोगों को लेकर गुजरात से पहली विशेष ट्रेन आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची यह ट्रेन अहमदाबाद गोधरा रतलाम बीना कटनी और पेण्ड्रा रोड होते हुए बिलासपुर पहुंची इस ट्रेन में मुंगेली जिले के बीस जांजगीर चांपा जिले के तिरपन और दुर्ग जिले के ग्यारह लोग भी शामिल थे

यह ट्रेन आज रात आठ बजे तेलंगाना से चलेगी जो बल्लाशाह और गोंदिया से होते हुए बिलासपुर आएगी वहीं पंजाब के पठानकोट से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा आएगी इस ट्रेन में कोरबा और रायगढ़ जिले के श्रमिक भी आएंगे इसके अलावा रायपुर रेलवे स्टेशन में तेरह मई को लखनऊ से सुबह नौ बजे श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी अलग अलग राज्यों से कुल चार ट्रेनें रायपुर आएंगी कोरोना स्पेशल ट्रेन इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों छात्रों संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की जरूरत वाले व्यक्तियों की वापसी के लिए पंदह स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ट्रेनों में आने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी जारी किया है छत्तीसगढ़ वापसी के इच्छुक व्यक्ति सीजी लेबर डॉट एनआईसी डॉट इन ऑबलिक कोविड उन्नीस मिगरेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस ई डॉट एएसपीएक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर शून्य सात सात एक दो चार चार तीन आठ शून्य नौ और नौ एक शून्य नौ आठ चार नौ नौ नौ दो भी जारी किया गया है कोरोना रेल सेवा इस बीच भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है शुरू में पंद्रह जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से डिब्रगढ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेष्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मड़गांव मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद को लिए रवाना होंगी छत्तीसगढ़ के लिए भी एक ट्रेन नई दिल्ली से बिलासपुर आएगी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम से शुरू हो गई है बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी रेलवे स्टेषनों पर टिकट बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेषनों में प्रवेष करने की अनुमति होगी यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य है और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं होगा

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम श्री जोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है

इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अस्पताल पहुंचकर श्री जोगी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं दुर्ग जिले में स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना संक्रमण के इलाज की सुविधा शुरू होगी इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कॉलेज के पुराने भवन को अधिग्रहित किया गया है शुरूआत में यह सौ बिस्तरों का अस्पताल होगा इधर कोरिया कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित शर्तो के अनुरूप आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है इसके तहत कपड़ा जूता पेंट प्लाई मोबाइल फर्नीचर और ट्रेडिंग मेटरियल की दुकानें संचालित की जा सकेंगी इन दुकानों का संचालन सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक किया जा सकेगा उधर महासमुंद जिले के सरायपाली में आज मॉकड्रिल कर कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को परखा गया कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की बारहवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे मुठभेड़ कैम्प ध्वस्त बीजापुर जिले में आज पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस बीच उरीपाल के जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया शहीद जवान का नाम मुन्ना यादव है और वह झारखंड के साहेबगंज जिले के ग्राम महादेवगंज का रहने वाला था कल रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद शहीद जवान के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा उधर कोंडागांव जिले में आज सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान ईरागांव थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादियों द्वारा बनाए गए अस्थायी कैम्प को ध्वस्त कर दिया मौके से भारी मात्रा में माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं कोरोना नमक किल्लत प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज नमक की किल्लत होने की अफवाह फैली जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई प्रशासन ने तत्काल इस अफवाह को गंभीरता से लेते हुए अनेक स्थानों पर छापे की कार्रवाई की हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव में नमक नहीं मिलने की अफवाह के बाद नमक लेने वालों की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें देखी गई कुछ व्यापारियों द्वारा नमक का स्टॉक जमा किए जाने की शिकायतें भी मिली कलेक्टर के आदेश पर चौंतीस दुकानों की जांच कराई गई दो दुकानों पर अधिक दर पर नमक बेचे जाने पर दुकानों को सील कर दिया गया है कलेक्टर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है वहीं दुर्ग में भी नमक की किल्लत होने की अफवाह के बाद ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर ने बताया कि थोक व्यापारियों से नमक के भंडारण को लेकर चर्चा हुई जिसमें व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि बाजार में नमक की कोई कमी नहीं है उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें इधर धमतरी में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर नमक बेचे जाने पर दो व्यवसायियों से तीन तीन हजार रूपये का जुर्माना वसुला गया कोरोना नमक वितरण इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के छप्पन लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क नमक का वितरण किया जाएगा लॉकडाउन की परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता तथा आपूर्ति के साथ साथ इनके बाजार मूल्यों की भी सतत निगरानी की जा रही है खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में नमक और अन्य सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ समुचित दरों पर खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है राज्य में लगभग आठ हजार से दस हजार टन के बीच नमक की मासिक आवक होती है बाजार में नमक की कोई कमी नहीं है कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है मौसम मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है

प्रतिनिधिमंडल में सांसद रामविचार नेताम सरोज पांडेय सुनील सोनी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित पूर्व मंत्री और विधायक शामिल थे

रेरा द्वारा सुनवाई के लिए नियत प्रकरणों की केस लिस्ट प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है

उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए नोटिस नहीं दी थी इसलिए तीन महीने की तनख्वाह जमा करवाई है

बाद में तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया

ये हाथी पहाड़ी के नीचे लगे खेतों में धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वन विभाग के गश्ती दल द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है